जल शक्ति अभियान केंद्र सरकार ने देश में जल संरक्षण के लाभ और जल संसाधनों के गिरते स्तर के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जल शक्ति अभियान शुरू किया है आज नई दिल्ली में इसकी शुरूआत करते हुए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल संरक्षण अब राष्ट्रीय प्राथमिकता है श्री शेखावत ने कहा कि सभी लोगों को जल की किल्लत के खतरे से देश को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए उन्होंने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घटी है तथा भारत जलवायू परिवर्तन से अधिक प्रभावित होने वाले देशों मे शामिल है जल शक्ति अभियान दो चरणों में शुरू किया गया है

इस अभियान के पांच मुख्य अंग हैं जिनमें जल संरक्षण और वर्षा जल संचय परम्परागत तथा अन्य जल स्रोतों के पुनरोद्वार तथा जल के फिर से उपयोग बोरवेल रिचार्ज ढांचे का निर्माण जल अच्छादन और बड़े पैमाने पर वन रोपण शामिल हैं इस कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया से लोगों का सशक्तिकरण हुआ है भ्रष्टाचार पर प्रभावशाली अंकुश लगा है और गरीब लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार हुआ है प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि चार वर्ष पहले आज ही के दिन डिजिटल इंडिया की शुरूआत की गई थी इसका उद्देश्य तकनीक का इस्तेमाल और इसे लोगों के लिए सहज उपलब्ध कराना था राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की यह बैठक लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद अध्यक्ष पद से हटने के राहुल गांधी के फैसले की पृष्ठभूमि में हुई राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ उनकी विस्तृत चर्चा हुई है उन्होंने आशा व्यक्त की कि राहुल गांधी कोई सकारात्मक फैसला लेंगे गहलोत ने कहा कि बैठक अच्छी रही और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया गया

उन्होंने कहा कि प्रसार भारती ने नवीन टैक्नोलॉजी के साथ पिछले वर्ष नौ ऐसी वैन खरीदी थीं सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि डीएसएनजी वैन के जरिये सजीव प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है डॉक्टर्स डे उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टरों से लोगों विशेषकर युवाओं से आलसी जीवन शैली और अस्वास्थ्य कर खान पान की आदतों के खतरों के प्रति जागरुक करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है वे डॉक्टर दिवस पर उनसे मिलने आये दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे इस दौरान उप राष्ट्रपति ने चिकित्सक समुदाय से सहानुभूति और करुणा की भावना के साथ लोगों की सेवा करने का आग्रह किया गौरतलब है कि डॉ बिधानचन्द्र रॉय की स्मृति में पूरे देश में उनके जन्म दिन को डाक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भोपाल में शासकीय जयप्रकाश अस्पताल पहँचकर चिकित्सकों को बधाई और श्भकामनाएँ दी उन्होंने डॉ रॉय के चिकित्सा और समाजसेवा के क्षेत्र में योगदान का स्मरण भी किया

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन देख सकते हैं इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं अब आप प्रसार भारती के अधिकारिक एप न्यूज ऑन एआइआर पर भी समाचार लाइव सुन सकते हैं

ऑन लाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये एनईएफटी और आरटीजीएस शुल्क खत्म होने से जहां लोगों को राहत मिली है तो वहीं पीपीएफ सुकन्या योजना नेशनल सेविंग स्कीम के तहत निवेश की योजनाओं के ब्याज में कटौती से लोगों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा

नई गाईडलाइन दरो में कमी से रियल स्टेट व्यापार में तेजी आने की संभावना है श्रमिक सत्यापन प्रदेश में मुख्यमंत्री जनकल्याण नया सबेरा संबल योजना के तहत पात्र श्रमिकों के सत्यापन का काम आज से शुरू हुआ

इसके तहत वास्तविक पात्र निर्माण श्रमिकों को लाभ दिलाना है उल्लेखनीय है कि संबल योजना तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों के पंजीयन में कुछ अपात्र लोगों के योजना का लाभ लेने की शिकायतें मिली थीं जिसके बाद जांच के निर्देश दिए गए हैं अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी घर घर जाकर श्रमिकों का सत्यापन किया जाएगा सामुहिक गायन जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा की उपस्थिति में आज भोपाल में मंत्रालय के समक्ष राष्ट्र गीत वंदे मातरम और राष्ट्र गान जन गण मन का सामूहिक गायन हुआ इससे पहले पुलिस बैंड के साथ शौर्य स्मारक से मंत्रालय की ओर मार्च भी निकाला गया मार्च में बड़ी संख्या में जन सामान्य ने भाग लिया पुलिस बैंड ने इस दौरान देश भक्ति गीतों की धुने प्रस्तुत की सतना गुना भिण्ड मुरैना श्योपुर शहडोल अनूपपुर नरसिंहपुर जबलपुर ग्वालियर खंडवा खरगोन विदिशा रायसेन सहित विभिन्न जिलों में आज राष्ट्र गीत और राष्ट्र गान का सामुहिक गायन हुआ दुर्घटना शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में पीतल निकालने के लालच में लाए गए एक पुराने बम में विस्फोट होने से तीन लोगों की मौत हो गई आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि हिम्मतपूर चौकी अंतर्गत मसुदा गांव के रहने वाला ग्रामीण श्याम जाटव अपने घर के पास स्थित सेना के फील्ड फायरिंग रेंज से कल एक चला हुआ पुराना बम उठा लाया था आज इस बम से पीतल निकालने के दौरान अचानक इसमें विस्फोट हो गया

खाद बीज निर्देश उमरिया कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को खरीफ सीजन मे बीज खाद का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं इसके साथ ही बाजार मे बिकने वाले बीज खाद का सेंपल लेकर नियमित जांच करने के साथ ही अमानक पाये जाने पर संबंधित के विरुद्व एफआईआर कराने का आदेश दिया है मौसम प्रदेश में मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है

बुरहानपुर जिले में दो दिन से जारी बारिश के कारण नदी नालों में अचानक भारी मात्रा में पानी भर गया हैं इसके अलावा रायसेन रतलाम सीहोर नीमच खरगोन और बड़वानी जिले समेत पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज हुई मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के चलते अगले दो दिन में प्रदेश के धार इंदौर खंडवा खरगोन अलीराजपुर झाबुआ बड़वानी और बुरहानपुर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है भोपाल हरदा रायसेन राजगढ़ विदिशा सीहोर जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ अनेक स्थानों पर बरिश होने का अनुमान है सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज दोपहर में हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है